ज्यों ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बिलासपुर जिले के खारसी कन्दौर भडोलियां और छत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर भोरंज निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र और शिमला लोकसभा क्षेत्र से से प्रत्याशी सुरेश कश्यप पच्छाद व सराहां में विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद व नुक्कड़ संभाएं करेंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल के पक्ष में सुलह व जयसिंहपुर में चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे

नितिन गडकरी इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता नितिल गडकरी आज किन्नौर ज़िले के सांगला में मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत दिन शिमला में युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों के विरूद्व तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि विशेष जांच दल गठित शीघ्र कार्रवाई कर दोषियों को कानून के दायरे में लाएं ताकि कानून अपना काम कर सकें जयराम ठाकुर ने इस मामले में लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में तैनात कर्मियों द्वारा कथित रूप से एफआईआर दर्ज न करने के आरोप की अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी शिमला की अध्यक्षता में मैजिस्ट्रियल जांच करने के निर्देश दिए हैं

श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में श्रमिकों के त्याग के प्रति आभार व्यक्त करना है

मौसम प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पिति व किन्नौर जिलों में कल रात बर्फबारी व बारिश जबकि निचले इलाकों के तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई बदले मौमस से लाहौल घाटी में आलू व मटर बिजाई प्रभावित हो रही है और ठंड भी बढ़ गई है और निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल पर भी विपरीत असर पड़ा है मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव और शिमला दुष्कर्म मामले में एसआईटी गठित किए जाने को प्रमुख खबर बनाया है

अजीत समाचार के शब्द हैं युवती से दुष्कर्म मामले में एसआईटी गठित पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया मोबाइल हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है मीरा आहलुवालिया के खिलाफ कैसे बंद हुआ भ्रष्टाचार का केस जबकि पंजाब केसरी के शब्द है मीरा आहलुवालिया के खिलाफ मामले रदद करने संबंधी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी

अदानी के पैसे लौटाने पर अब कैबिनेट लेगी फैसला शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है जयराम सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा मौसम संबंधी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है रोहतांग सहित चोटियों पर हिमपात